राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश

पिछले चौबीस घंटों में सिर्फ खूंदी जिले को छोड़कर तेईस जिलों में एक सौ बासठ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं

झारखंड में मरीजो की संकमण दर देशभर से एक प्रतिशत अधिक हो गयी है देश में यह दर तीन दशमलव चार तीन प्रतिशत है जबकि झारखंड में यह चार दशमलव एक छह प्रतिशत हो गयी है मरीजों के दोगुने होने की दर जहां देश में बीस दशमलव पांच चार दिन है वहीं झारखंड में सत्रह दशमलव शून्य एक दिन हो गयी है उधर पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर में चार राशन डीलरों के कोरोना संक्रमित होने की जानकरी मिली है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में कल रात ये चारों राशन डीलर पॉजिटिव पाये गए हैं

राज्य में अबतक स्वस्थ होने वाले मरीजो की संख्या बढ़कर दो हजार दो सौ छब्बीस हो गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिन लोगों को संकमण के थोड़े से भी लक्ष्ण दिखायी दे वे अपनी कोरोना जांच जरूर कराये इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किया गया है कि जिलों में संदिग्धों की जांच की रफ्तार बढ़ाई जाये

इधर न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिये हैं राज्य सरकार की ओर से गैर जरूरी वस्तुओं की दुकान खोलने वालों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी गयी है पुलिस मुख्यालय झारखंड की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों के विरूद्व कार्रवाई की जाये

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरैपी स्टीयोरॉयड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है रोगियों और परिवारजन के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल दिया गया है मामुली संक्रमण में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश की गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये दवाएं केवल प्रतिबंधित आपात उपयोग के लिए स्वीकृत हैं और कुछ विशेष रोगियों में ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है राज्यों से भी कहा गया है कि रेमडिसिविर के उपयोग प्रमाणों से संकेत मिलता है कि मध्यम और गंभीर संक्रमण में इसके उपयोग से नैदानिक सुधार का समय कम हो सकता है लेकिन मृत्यु दर में कमी को लेकर इसका कोई अनुकूल परिणाम नहीं हैं धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने को लेकर आज जागरूकता रथ रवाना किया गया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

नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देशभर में स्कूली बच्चों के लिए एटीएल ऐप विकास मॉडयूल शुरू किया है ए टी एल ऐप एक निशुल्क ऑन लाइन पाठ्यक्रम है छह परियोजना आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन परामर्श सत्रों के माध्यम से यूवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा उजागर कर सकते हैं ऐप बनाने के लिए स्कूल शिक्षकों में क्षमता और कौशल निर्माण के वास्ते एआईएम ऐप डेवलपमेंट पाठयक्रम पर सावधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कई बड़ी बाधाएं आई हैं जिनसे प्रौद्योगिकी की मदद से निपटा जा रहा है उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को प्रौद्योगिकी और नवाचार का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री प्रोत्साहित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि युवा भारतीयों के लिए कम उम्र में नए कौशल सीखना बहत जरूरी है पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सैतवा वन प्रक्षेत्र बरकेला स्थित कार्यालय और आवासीय परिसर के भवन को भाकपा माओवादियों ने विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया है यह घटना कल रात की है बताया जा रहा है कि समूह में आये माओवादियों ने परिसर में रखे दो वाहनों को भी जला दिया है माओवादियों रात दस बजे से लेकर सुबह चार बजे तक उत्पात मचाया और वहां मौजूद वन रक्षकों को बंधक भी बनाकर रखा था

आज यहां करीब तीन दर्जन से अधिक विषयों की पढ़ाई हो रही है विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर आज कम्युनिटी रेडियो खांची से सुबह आठ बजे से कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं जो रात नौ बजे तक चलेंगे इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि विश्वविद्यालय को इस मुकाम तक पहंचाने में शिक्षकों पदाधिकारियों कर्मचारीगण और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है

इन दोनों को रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने खुद कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर पर दी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लॅटफॉर्म के माध्यम से राजनीति मनोरंजन खेल जगत जैसे सभी क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों द्वारा उन्हें जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं दी जा रही हैं खूंटी जिले में केन्द्रीय रिजर्व बल के द्वारा जवानों की शहादत को श्रद्वांजलि देने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है मरणोंपरांत वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित कोबरा युनिट के शहीद जवान अजय कुमार के नाम से जवानों ने फलदार पोंधे लगाए अब तक खूंटी जिले के विभिन्न इलाकों में जवानों ने पंद्रह हजार पौधे लगाये हैं झारखंड में पिछले चौबीस घंटे में हुए वजपात से दो लोगों की मौत हो चुकी है चतरा जिले में कल हुए वजपात में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि एक महिला झुलस कर घायल हो गयी घायल महिला को इलाज के लिए चतरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है मृतक चतरा जिले के कादे गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहां आया हुआ था वह मूल रूप से बिहार के गया जिले का रहने वाला था वहीं द्मका जिले में कल हुए वजपात में एक व्यक्ति की मौत हो गयी है इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने चेतावनी जारी की है कि भारी बारिश और वजपात के दौरान लोग घरों से बाहर निकलने से बचे और अवश्यकता पड़ने पर विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें